भूमि पूजन से पहले जारी तीन दिन के अनुष्ठानों के दसरे दिन आज छह घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान किया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के दौरान एक सौ पैंतीस विशिष्ट संत उपस्थित थे प्रभू श्रीराम की नगरी में रामचरितमानस के पाठ के साथ ही राम कीर्तन सहित तमाम धार्भिक गतिविधियां चल रही हैं आज शाम होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां जोरो पर हैं और सरय के घाटों को बेहद खबसुरत अंदाज में सजाया गया है राम की भक्ति में डुबे इस पौराणिक शहर को शहरे को अब उस पल को इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहंचेंगे और अपने हाथों से भव्य राम मंदिर का भ्रमि प्रजन करेंगे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेवल दो और लेवल तीन कोविड अस्पतालों में पचास हजार बिस्तर जल्द से जल्द बढ़ाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इन बिस्तरों के लिए चिकित्साकर्मियों सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपदों में समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र को प्रभावी रूप से क्रियाशील किया जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एम्बुलेंस व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि एक सौ आठ एम्बलेंस सेवा के साथ साथ सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की कम से कम पचास प्रतिशत एम्बलेंस को ् कोविड मामलों में तथा ी ् ा पचास प्रतिशत को नॉन कोविड मामलों में उपयोग किया जाए मुख्यमंत्री ने बाढग्रस्त इलाकों में प्रभावित लोगों को हरसंभव राहत और मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राशन वितरित किया जाए और लोगों को हरसंभव मदद दी जाए देशभर में पिछले चौबीस घंटों में कोविड नाइन्टीन महामारी के छह लाख इकसठ हजार आठ सौ बान्नबे परीक्षण किए गए हैं जो एक नया रिकॉर्ड है देश में महामारी के प्रकोप के बाद किसी एक दिन में किये गए परीक्षणों की यह सबसे अधिक संख्या है अब तक देशमर में कोविड नाइन्टीन के दो करोड आठ लाख चौसठ हजार परीक्षण किए जा चके हैं देश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित कुल बारह लाख तीस हजार पांच सौ नौ रोगी स्वस्थ हुए हैं यह संख्या इस समय इलाज करा रहे पांच लाख छियासी हजार दौ सौ अठान्नबे रोगियों की संख्या के दोगने से भी अधिक है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले चौबीस घंटों में देशभर में चौवालीस हजार तीन सौ छह रोगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हए हैं इस तरह देश में स्वस्थ होने की दर बढकर छाछठ दशमलव तीन शून्य प्रतिशत और मृत्यु दर घटकर दो शमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के दो हजार नौ सौ तिरासी नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर इकतालीस हजार दो सौ बाइस हो गयी है अब तक राज्य में कूल सत्तावन हजार दो सौ इकहत्तर मरीज बीमारी से ठीक हो चुके हैं और एक हजार आठ सौ सत्रह लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता को तेजी से बढ़ाया गया है पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में प्रतिदिन औसतन बानबे हजार कोविड नमूनों की जांच की गयी उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश बन गया है उधर राज्य में कल छियासठ हजार सात सौ तेरह कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल छब्बीस लाख नवासी हजार नौ सौ तिहत्तर नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसन विभाग के प्रोफेसर डॉ घनश्याम पांग्ती चर्चा में हिस्सा लेंगे श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ श्र्न्य श्र्न्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं श्रोता ान्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही व र्मा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं ग़रदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला राप्ती नदी गोरखपुर के बर्डघाट तथा श्रावस्ती के राप्ती बैराज सरयू घाघरा नदी बलिया के तूर्तीपार बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने आज लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य के सोलह जिले बाढ़ से प्रभावित हैं इन जनपदों में बाराबंकी अयोध्या कशीनगर गोरखपुर बहराइच लखीमपुर खीरी आजगमढ़ मऊ बस्ती गोण्डा संत कबीरनगर सीतापुर सिद्धार्थनगर अंबेडकर नगर और बलरामपुर नामिल हैं श्री गोयल ने कहा कि पिछले चौबीस घंटे में महाराजगंज में कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद उपलब्ध करा रही है